देशभर में आज संविधान दिवस मनाया गया

उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में उन्हें कल तक सदन में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था विधान सभा में विपक्षी दलों राजद कांग्रेस और भाकपा माले के हंगामे के कारण लगातार द्रसरे दिन भी सदन की कार्यवाही बाधित रही भोजनावकाश से पहले सत्र में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एन आर सी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग को लेकर विपक्ष के सदस्य सदन के बीचो बीच आ गये और नारेबाजी करने लगे विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपनी सीट पर लौटने और नियम के अनुसार इस विषय को उठाने का आग्रह किया बार बार अनुरोध के बावजूद नारेबाजी कर रहे विरोधी दल के सदस्य नहीं माने तो अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी दोपहर दो बजे दोबारा जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य फिर से हंगामा करने लगे शोरगुल के बीच ही सदन में बिहार कराधान विवाद समाधान संशोधन विधेयक और बिहार वस्तु और सेवा कर विधेयक दो हजार उन्नीस पारित कराया गया इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी देशभर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है आज ही के दिन उन्नीस सौ उनचास में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया इसे छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास से लागू किया गया इस अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारे संविधान ने जो सम्मान और मूल्य अर्जित किया है उसके लिए सभी देशवासी बधाई के पात्र हैं

यह हमारे देश की लोकतांत्रिक संरचना का सर्वोच्च कानून है जो निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करता है यह संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदगम भी है और आदर्श भी इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पिछले सत्तर साल में देश लोकतांत्रिक संविधान का मजबूती से पालन करने के साथ साथ संविधान को भी सशक्त बनाने में लगा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि देश में स्वतंत्रता को सुरक्षित रखकर जिस तरह और मजबूत बनाया गया है उसे देखकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को निश्चय ही प्रसन्नता होती बाईट प्रधानमंत्री आज के इस अवसर पर बीते सात दशक में संविधान की भावना को अक्षुण्य रखने वाली विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी साथियों को गौरवपूर्वक स्मरण करता हूं नमन करता हूं

हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना गाइडिंग लाइक माना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश के विकास में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है

यह हमारे आदरणीय पूर्वजों की दिव्य संकल्प का शंकवाद है इसलिए पवित्र भी है बीते सत्तर सालों में संविधान में देश के विकास यात्रा में विशिष्ट भूमिका निभाई है राष्ट्रपति ने इस अवसर पर भारतीय संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा की भूमिका शीर्षक पुस्तिका का विमोचन किया और राज्यसभा के दो सौ पचासवें सत्र पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया उन्होंने डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया बिहार विधान परिषद् संविधान के निर्माण में बिहार की भूमिका को लेकर विशेष पुस्तिका का प्रकाशन करेगी कार्यकारी सभापति हारुण रशीद ने कहा कि इसके लिए शोध कार्य किया जायेगा विधान परिषद् में चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज यह मुद्दा उठाया कार्यकारी सभापति ने जदयू के सदस्य रामवचन राय को इसके लिए पहल करने का निर्देश दिया इससे पहले विधान परिषद् की कार्यवाही जैसे ही शुरु हुई सभापति ने सदस्यों को संविधान दिवस की बधाई दी इधर विधान सभा में अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने भी देश और प्रदेश के लोगों को संविधान दिवस की बधाई दी प्रदेश भर में भी संविधान दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये विभिन्न संस्थानों में संविधान के अनुपालन के लिए कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने संविधान के प्रस्तावना की शपथ ली जगदानंद सिंह निर्विरोध राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिये गये हैं श्री सिंह के अलावा इस पद के लिए किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया था वे निवर्तमान अध्यक्ष रामचन्द्र पूर्वे का स्थान लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले वर्ष अगस्त तक राजगीर में जू सफारी दर्शकों के लिए शुरू कर दिया जायेगा श्री कुमार ने राजगीर में लगभग चार सौ अस्सी एकड़ क्षेत्र में निर्माणाधीन जू सफारी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया उन्होने कहा कि जू सफारी में पांच भाग होंगे जिनमें पांच तरह के जानवर हिरण भालू तेंदुआ बाघ तथा शेर को रखा जायेगा जू सफारी में जानवर खुले क्षेत्र में रहेंगे और दर्शक बंद गाड़ी में जानवरों को देखने का लुत्फ उठा सकेंगे युद्ध में लड़ते हुए शहीद सैनिकों के परिवार अब एक वर्ष तक सरकारी आवास में रह सकते हैं ये प्रावधान हवाई हमले में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों पर भी लागू होगा इससे पहले ये समय सीमा तीन महीने की थी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं में शहीदों के परिवारों को सरकारी आवास में रहने की अवधि बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी प्रदेश में आज मद्य निषेध दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि इस अवसर पर स्कूली बच्चों जीविका दीदीयों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जागरूकता रैली निकाली पटना में आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी से प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कमी आयी है उन्होंने कहा कि शराबबंदी से गरीब परिवारों में खुशहाली देखी जा रही है श्री कुमार ने कहा कि शराबबंदी लागू होने के बाद दो लाख से अधिक लोगों के खिलाफ शराब तस्करी के मामले में मुकदमा दायर किया गया है केन्द्र सरकार ने राज्य के राष्ट्रीय उच्च पथों से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दे दी है पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के तहत राज्य के लगभग दो सौ छियानवे किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों के उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार ने साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की मंजूरी दी है इसके तहत राज्य के वैशाली समस्तीपुर नालन्दा शेखपुरा जमुई मुंगेर बांका सीवान पूर्वी चम्पारण मधुबनी और सुपौल जिलों के राष्ट्रीय उच्च पथों का उन्नयन तथा नवीकरण का कार्य किया जायेगा राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा रोहतास जिले का डेहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान तेरह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल पटना गया भागलपुर पूर्णिया समेत राज्य के अधिकतर स्थानों पर सुबह के समय कोहरा रहेगा और दिन में हल्के बादल छाये रहेंगे किशनगंज लोकसभा सीट से जदयू के उम्मीदवार रहे सैयद महमूद अशरफ का आज आकस्मिक निधन हो गया उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने गहरा शोक जताया है जदयू नेता सह सुरजापुरी जनक्रांति मोर्चा के संयोजक ख्वाजा शाहिद ने महमूद अशरफ के निधन को सीमांचल के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया राजधानी पटना के दीघा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक मछली व्यवसायी से दो लाख अठासी हजार रूपये और स्कूटी लूट ली

देशभर में आज संविधान दिवस मनाया गया